कोविड महामारी से देश एकज्ट होकर लड़ रहा है आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

जिन राज्यों ने राशन की यह व्यवस्था लागू की है उन्हें सकल राज्य घरेलू उत्पाद का शून्य दशमलव दो पांच प्रतिशत अतिरिक्त ऋण की स्विधा उपलब्ध होगी

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड व्यवस्था में राष्ट्रीय खादय स्रक्षा अधिनियम और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वितों को उचित दर की द्कानों से राशन मिलना स्निश्चित होगा

आज संन्यासी अखाड़ों का पहला शाही स्नान संपन्न हआ स्नान को लेकर संतों में काफी उत्साह देखा गया सभी अखाड़ों ने क्रमवार शाही स्नान किया

शोभायात्रा में बड़ी संख्या में साध् संत महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर नागा संन्यासी शामिल रहे

सभी अखाड़ों की शोभायात्रा के दौरान सैकड़ों लोगों ने उन पर फूल बरसाए हेलीकॉप्टर से भी शोभायात्रा पर पृष्प वर्षा की गई आज के शाही स्नान को देखते हए हर की पैड़ी को केवल अखाड़ों के लिए आरक्षित किया गया था आम श्रदधालुओं ने अन्य घाटों पर स्नान किया इसके साथ ही बड़ी संख्या में कांवड़ी भी हरिद्वार पहंचे शिवालयों में जलाभिषेक के साथ कावड़ यात्रा का भी आज समापन हो गया आपको बता दें कि हरिदवार में अगले महीने से महाकंभ श्रू हो रहा है आज हए शाही स्नान और महाशिवरात्रि पर्व पर आये लोगों को महाकंभ के लिए की गई व्यवस्थाओं का पूरा फायदा मिला इस दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किये गए थे साथ ही कोविड गाइडलाइंस का पालन किया गया सीएम हरिदवार महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर म्ख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज हरिद्वार में हर की पैड़ी पहंचकर मां गंगा से प्रदेशवासियों की खुशहाली और सुख समदधि की कामना की उन्होंने शाही स्नान के आए साध संतों का पृष्प वर्षा के साथ स्वागत किया मुख्यमंत्री ने कहा कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मां गंगा में स्नान करने के लिए श्रदधाल रात से ही जुटने लगे थे जनता की स्विधा के लिए सभी इंतजाम किये गए थे म्ख्यमंत्री ने कहा कि कृंभ में जनता के लिए कोई भी रोक टोक नहीं है किसी से भी सख्ती नहीं की जाएगी

उन्होंने कहा कि सरकार भव्य और दिव्य महाकृंभ के लिए प्रतिबद्ध है

शिव के जलाभिषेक के लिए सूबह से ही श्रद्धालु मंदिर पहुंचने लगे देहरादून के प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर सहित अन्य शिवालयों में बड़ी संख्या में लोगों ने पूजा अर्चना की बागेश्वर के बागनाथ मंदिर में शिव की अराधना के लिए दूर दूर से श्रद्धाल् पहंचे लोगों ने पवित्र सरय् नदी में आस्था की इबकी लगाई शिव मंदिरों में बेलपत्र और कच्चे द्वध से भगवान शिव का अभिषेक किया गया ज्योतिषियों का कहना है कि महाशिवरात्रि के दिन शिवयोग सिद्धियोग और घनिष्ठा नक्षत्र का संयोग आने से त्योहार का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है चम्पावत जिले के बालेश्वर रिशेश्वर कान्तेश्वर सप्तेश्वर रामेश्वर पंचेश्वर रुद्रमहादेव ग्रु गोरखनाथ ब्यानध्रा सिद्ध नरसिंह मन्दिर सहित विभिन्न मंदिरों में श्रदधालुओं ने जलाभिषेक किया

अन्य जिलों में भी सभी शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा

ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में केदारनाथ के रावल ने इसकी घोषणा की है

आज महाशिवरात्रि के अवसर पर पंचाग गणना के बाद विधि विधान के लिए पंचकेदार गद्दीस्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में कपाट ख्लने की तिथि तय की साथ गयी

आज राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने पत्रकारों को यह जानकारी देते हुए बताया कि इन दो दिनों में पृष्प उत्पादकों के लिए कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा वसन्तोत्सव में वृदांवन की फूलों की होली का आयोजन किया जायेगा राज्यपाल ने बताया कि इस वर्ष पृष्प प्रदर्शनी में बच्चों की सहभागिता बढ़ाने के लिए विशेष निर्णय लिया गया है उदघाटन से एक दिन पहले कल गरीब दिव्यांग और वंचित वर्ग के बच्चों को विशेष रूप से प्रदर्शनी के लिए आमंत्रित किया जायेगा ये बच्चे इस पृष्प प्रदर्शनी के प्रथम दर्शक होंगे

राज्यपाल ने बताया कि आगामी अगस्त और सितम्बर में सेब और लीची महोत्सव का आयोजन किया जायेगा जिससे स्थानीय फलोत्पादकों को प्रोत्साहन मिल सके इस अवसर पर राज्यपाल ने वसंतोत्सव के प्रचार प्रसार के लिये पृष्प रथ को भी रवाना किया महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर राजभवन में फूलों से शिवलिंग भी बनाया गया था

इस अवसर पर मंत्रालय के रीजनल आउटरीच ब्यूरो की ओर से पवेलियन ग्राउंड में शहीद स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित फोटो प्रदर्शनी लगाई जा रही है

इस बीच जिला प्रशासन की ओर से कल सुबह मैराथन दौड़ आयोजित की जाएगी इसके अलावा साइकिल रैली का भी आयोजन किया जा रहा है यह जानकारी देते हए मुख्य विकास अधिकारी नीतिका खंडेलवाल ने बताया कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देश में जन जाग़ति लाने वाले महापुरुषों की चित्र प्रदर्शनी के साथ ही खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा स्टॉल लगाए जाएंगे

महाशिवरात्रि के दिन सतराली के सात गांवों के होल्यारों के समृह ने आज महाशिवरात्रि के दिन बागनाथ मंदिर ने भक्तिमय होली के गीतों का गायन किया

पलायन की वजह से बीच में यह सिलसिला ट्रट गया था लेकिन अब नई पीढ़ी के य्वाओं ने स्वरोजगार को अपनाकर अपनी इस प्रथा को फिर से जीवंत कर दिया है सतराली के होल्यारों का कहना है कि पलायन से टूट च्की इस प्रथा को अब जीवंत करने से पलायन भी रुकेगा

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मेजर खंडूड़ी हमेशा से ही उनके आदर्श रहे हैं वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि तीरथ सिंह रावत एक योग्य कार्यकुशल बेदाग छवि के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं उनकी छवि बेदाग रही है